इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले अढ़ाई वर्षो के दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो पर दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है

अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विकल्पों के समन्वय अवसरों की अधिकता और बाजार के खुलेपन से भारत निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थान है एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत अवसरों का देश है और भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता है अनूराग ठाकूर ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में भारत ने पूरे विश्व को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने अर्थव्यवस्था को बल देने और आर्थिक समृद्धि हासिल करने का विजन दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निवेश नीति के कारण कई देशों की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही है

वे आज शिमला में रूसा के तहत आयोजित विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे शिक्षा मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अधिकतर कार्य इस वर्ष दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए

प्रसारण दिवस आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने शुरु से ही सूचना शिक्षा और मनोरंजन का कार्य किया है इस अवसर पर केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने मेँ लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है वीरेंद्र कंवर राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना के तहत ऊना ज़िला के थानाकलां में प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्यान्वयन प्रदेश पश् धन और कुक्कूट विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने और ग्रामीणों की खुशहाली पर विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और इन संस्थानों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के प्रयास आरम्म किए गए हैं सरवीण चौधरी ने कहा कि मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत अनेक गतिविधियां शुरू की गई हैं और इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में जनसमस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया मेंट प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य व पोषण संबंधी मामलों में गुणवत्ता सुधार के प्रयोस किए जाने चाहिए इस दौरान रूपा शर्मा ने राज्यपाल को विभिन्न विमागों द्वारा बॉलिकाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से अवगत करवाया